नई दिल्ली में करिअप्पा परेड ग्राउंड भें आज राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के कैडटों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त कराया है प्रधानमंत्री ने युवाओं से आग्रह किया कि वे परिवर्तन लाने में देरी न करें

आज जयपुर में युवा आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए श्री गांधी ने कहा कि देश के युवा विभिन्न उत्पादों का उत्पादन बढाकर देश को चीन के मुकाबले में ला सकते हैं

उन्होंने कहा कि जब गरीबों की जेब में पैसा आता है तो देश की जीडीपी बढती है

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुखयमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश का युवा राहुल गांधी की ओर उम्मीद से देख रहा है कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट तथा राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य भी मौजूद रहे द्सरी ओर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कॉलेजों और युवाओं पर दबाव बनाकर उन्हें रैली में आने के लिए मजबूर किया गया

राज्य सरकार ने सिलिकोसिस पीड़ितों की संतानों को पालनहार योजना का लाभ देने का निर्णय किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है

इसके लिए पालनहार योजना की पात्रता सूची में सिलिकोसिस पीड़ित परिवार की श्रेणी जोड़ी जाएगी

मुख्यमंत्री अर्शोक गहलोत ने इस विषय में वित्त विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है

इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है

मतदान के तूरंत बाद मतगणना की जाएगी

इधर जयपूर में आज स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कमार सिंह ने कोरोना वायरस से बचाव नियंत्रण जांच उपचार और आमजन को जागरूक करने संबंधी गतिविधियों की समीक्षा की

पीड़ित युवती ढाणी से थोड़ी दूर अचेत हालत में मिली जिसके बाद परिजन उसे पीबीएम अस्पताल लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया मृतका के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने दुष्कर्म और हत्या का केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है

पुलिस के अनुसार मुक्त कराए गए सभी बच्चे बिहार के रहने वाले हैं इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ़तार किया गया है ये व्यक्ति बच्चों को बिहार से यहां लाकर मूड़ी बनाने के काम में लगवाता था सवाईमाघोपुर के करमोदा गांव स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र में आत्मा योजना के तहत संस्थागत कृषक प्रशिक्षण आयोजित किया गया दो दिन के प्रशिक्षण कार्यकम में कृषि विभाग के विषय विशेषज्ञों द्वारा किसानों को कृषि और उद्यानिकी की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई